कहा देश की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद हिंद सरकार के गठन की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर आज दिल्ली के लालकिले में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आजाद हिंद सरकार की स्मृति में एक विशेष पट्टिका का अनावरण किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद सरकार केवल नाम की सरकार नहीं थी बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार ने सभी क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों का सृजन किया था उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का एक मात्र उद्देश्य था भारत की आजादी बाईट आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने एलान किया था कि इसी लालकिले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी अविभाजित भारत की सरकार थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पुलिस स्मृति दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया यह स्मारक आजादी के बाद से पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में बनाया गया है श्री मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित किए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सजग पुलिसबलों ने भय और असुरक्षा का माहौल फैलाने की साजिश करने वालों को विफल कर दिया है बाईट यह आप सभी के सजगता का ही परिणाम है कि देश को अशांत करने वाले तत्वों को निराशा हाथ लगती है देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने की अनेक साजिशों को आप नाकाम किया ऐसी साजिशें जिनकी जानकारी भी बाहर नहीं आ पाती ऐसी दिलेरी जिस पर सार्वजनिक तौर पर कभी आपको प्रशंसा तक नहीं मिलती शांति से गुजरने वाला देश का प्रत्येक पल देशवासियों का प्रत्येक पल आपके इसी कर्तव्यभाव सेवाभाव से ही संभव है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन हर उस जवान को याद किया जाता है जो जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और शांति बनाये रखने में मदद कर रहा है तथा आतंकवाद से लड़ रहा है नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन जवानों के कारण ही नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम होती जा रही है और युवा मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं बाईट अगर आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम हो रही है उन इलाकों के ज्यादा नौजवान मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तो इसमें आपके प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका है नार्थ इस्ट में डटे हमारे साथियों का शौर्य और बलिदान भी अब शांति के रूप में हम अनुभव कर रहे हैं शांति और समृद्धि का प्रतीक बन रहे हमारे उत्तर पूर्व के विकास में आपका भी योगदान है रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज महाराजगंज मसरख बड़ी रेल लाईन का उदघाटन किया लगभग चार सौ बारह करोड़ की लागत से नवनिर्मित इस रेलखंड के बन जाने से महाराजगंज से मसरख की दूरी एक सौ छह किलोमीटर से घट कर अब मात्र छत्तीस किलोमीटर हो गयी है इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री ने कहा कि इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से महाराजगंज से मसरख क्षेत्र के यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा रेल मंत्री ने दिलदार नगर स्टेशन पर अन्य यात्री सुविधाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया श्री सिन्हा ने सकलडीहा धीना और भदौरा स्टेशन पर पैदल ऊपरीगामी पूल का शिलान्यास किया जमानिया और गहमर स्टेशनों पर चौबीस कोच के लिए प्लेटफार्म विस्तार योजना का भी उद्घाटन किया गया वहीं दिलदार नगर स्टेशन पर हाई लेवल प्लेटफार्म के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया उन्होंने बक्सर से वाराणसी के बीच एक नई मेमू ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है पूर्व मध्य रेलवे के ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन पर डेहरी आन सोन में नन इंटरलॉकिंग का काम जारी रहने के कारण आगामी तीस अक्टूबर तक चौंतीस ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा सासाराम के स्टेशन प्रबंधक उमेश कुमार ने बताया है कि इस दौरान गया दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और बड़काकाना से डेहरी वाराणसी के बीच चलने वाली छब्बीस एक्सप्रेस और आठ सवारी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी भाजपा के दिवंगत सांसद भोला सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट पर किया गया गौरतलब है कि लंबी बीमारी के बाद उन्यासी वर्ष की आयु में भोला सिंह का शुक्रवार को नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था बेगूसराय जिले में गढ़पूरा प्रखंड के द्नही गांव में जन्मे भोला सिंह अपने समाजवादी विचारों के लिए जाने जाते थे अंतिम संस्कार के अवसर पर केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष नित्यांनद राय सांसद राकेश सिन्हा राज्य के मंत्री नंदकिशोर यादव और सुरेश शर्मा के अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी उपस्थित थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की एक सौ इकतीसवीं जयंती पर आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीकृष्ण सिंह एक कुशल प्रशासक और राजनेता थे जिन्होंने वंचित समाज के लिए हमेशा काम किया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और पथ निर्माण मंत्री नन्द किशोर यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे वहीं श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड स्थित माउर गांव में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से उग्रवाद प्रभावित अरवल जिले में लोगों में सामाजिक आर्थिक बदलाव आया है योजना से युवकों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे सफल स्वरोजगार की दिशा में बढ़ रहे हैं पेश है हमारे संवाददाता कि ग्राउंड रिपोर्ट बाईट मुद्रा योजना से नया व्यवसाय खड़ा करने और पुराना व्यवसाय के विस्तार के लिए श्रृण आसानी से उपलब्ध हो रहा है इससे जिले में स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को काफी लाभ मिल रहा है और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं

नवयुवकों के असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने के कारण समाज को भी सीधा लाभ मिल रहा है आकाशवाणी समाचार के लिए अरवल से चंद्र भूषण कुमार पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में रमगढ़वा थाना क्षेत्र से एसएसबी के जवानों ने आठ करोड़ साठ लाख रुपये मूल्य के चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है एसएसबी के समादेष्टा प्रियव्रत शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रमगढ़वा चौक पर जांच के दौरान एक वाहन में छिपाकर रखे गये तैंतालीस किलोग्राम चरस को बरामद किया गया सीतामढ़ी शहर में दो गुटों के बीच तनाव के बाद सदर अनुमंडल क्षेत्र में ऐहतियात के तौर पर निषेधाज्ञा आज भी लागू है जिला प्रशासन ने कल जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिये हैं वहीं अफवाहों पर अंकुश के लिए क्षेत्र में इंटरनेट सेवा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित रखा गया है हंगामा करने के आरोप में तेईस लोगों को गिरफ्तार किया गया है तिरहुत क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी ने कहा है कि खगड़िया के पसराह थानाध्यक्ष शहीद आशीष कुमार सिंह को वीरता पुरस्कार देने के लिए केन्द्र से सिफारिश की जायेगी श्री द्विवेदी ने आज सहरसा जिले के सरोजा गांव में शहीद के परिवार वालों से मुलाकात के बाद यह घोषणा की

कहा देश की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा